उधर पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जयपुर के चित्रकूट के संजयनगर और विधायकपुरी इलाके के धूलेश्वर गार्डन और इसके आसपास के एक किलोमीटर की परिधि में कर्फ्यू लगा दिया गया है जालोर जिले में कोरोना वायरस के संकमण को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉक डाउन के अगले चरण की रूपरेखा केन्द्र सरकार पर निर्भर है मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में वीडियो कांफेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की

उन्होंने कहा कि जयपुर के रामगंज में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित है लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में है सरकार वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों के सैम्पल लेकर जांच करने और संक्रमित मरीजों के सम्पर्क में आये अन्य लोगों को क्वारेंटाइन करने पर जोर दे रही है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन यहां युद्वस्तर पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की कार्यवाही को अजांम दे रहा है जिससे जल्द ही संक्रमितों की सही संख्या का पता चल जाएगा एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार अवविंद मायाराम की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की टास्क फोर्स बनाई गई है इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट आने के बाद जो भी सुझाव मिलेंगे उनके अनुसार काम किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सुझाव भी दिए गए

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा है कि लॉक डाउन के चलते पुरानी पास व्यवस्था ही लागू रहेगी अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कल पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह और अन्य संस्थाओं के अधिकारियों से समीक्षा करने के बाद लॉकडाउन की अवधि में पुरानी व्यवस्था सुचारू करने के आदेश निकाले है विभिन्न प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये पास और मीडिया सहित अधिकारिक या कम्पनी द्वारा आईडी के आधार पर यात्रा करने की अनुमति वाले व्यक्तियों की श्रेणी आगले आदेशों तक वैद्य बनी रहेगी

प्रायोगिक परीक्षाएं भी मुख्य परीक्षा के साथ या उसके बाद कराई जाएगी ड्यू पेपर और प्रायोगिक परीक्षाएं मुख्य परीक्षाओं के बाद होगी उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा के संबंध में बनाई गई समिति की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है रिपोर्ट अनुशंषा के लिए कुलाधिपति कलराज मिश्र को भेजी गई है

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को सूचित किया गया है कि राज्य के भीतर और अन्य राज्यों के साथ वस्तुओं के परिवहन पर कोई पाबंन्दी नहीं है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की निर्माण ईकाइयों में कार्मिकों को पास दिया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है श्री वास्तव ने बताया कि राज्य सरकारें संकमणग्रस्त क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है ताकि लोग घरों से बाहर न निकले

उन्होंने कहा कि राज्यों को सबके लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है जिनके पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें भी अनाज की आपूर्ति के निर्देश दिए गए है प्रदेशभर में आज वैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है हालांकि इस दौरान कोरोना वायरस के संकमण को देखते हए कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं हो रहे है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को वैसाखी के पर्व की श्भकामनाएं दी है